दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए

इसी के साथ राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के चौदह महासमुंद के तेरह और कांकेर के नौ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईव्हीएम में कैद हो गया है प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इन तीन संसदीय क्षेत्रों में करीब इकहत्तर प्रतिशत औसत मतदान होने की खबर है हालांकि ये आंकड़े अंतिम नहीं हैं सभी मतदान दलों के वापस लौटने के बाद मतदान प्रतिशत में और बढ़ोत्तरी होने की संभावना है गौरतलब है कि वर्ष दो हजार चौदह में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में इन तीन संसदीय क्षेत्रों में औसत रूप से इकहत्तर प्रतिशत से थोड़ा अधिक मतदान दर्ज किया गया था मतदान के लिए इन तीन संसदीय क्षेत्रों में छह हजार चार सौ चौरासी मतदान केन्द्र बनाए गए थे आज सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ और सुबह से ही मतदान केन्द्रों के सामने मतदाताओं की लम्बी कतारें देखी गई मतदाताओं में खासकर पहली बार वोट देने वाले युवाओं और महिलाओं में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखा गया इन तीन संसदीय क्षेत्रों के माओवाद प्रभावित इलाकों में स्थित मतदान केन्द्रों में सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे मतदान हुआ वहीं अन्य क्षेत्रों में शाम पांच बजे तक वोट डाले गए मतदान उत्साह तीनों संसदीय क्षेत्रों में आज मतदान को लेकर बुजुर्गों सहित अन्य वर्ग के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा के सिघोरी की एक सौ आठ वर्ष की महिला और ग्राम पोड़ी में एक सौ पांच साल की महिला रामकुंवर बाई ने अपने परिजनों के साथ मतदान केन्द्र पहुंचकर मतदान किया राजनादगांव जिले के मानपुर में सौ साल की जमुना बाई ने तो वहीं धमतरी जिले के ग्राम पंचायत श्यामतराई की नब्बे साल की बुजुर्ग मतदाता राधाबाई पाले ने बड़े उत्साह के साथ आज वोट डाला वहीं शादियों के इस मौसम में आज कई मतदान केन्द्रों में दूल्हा दुल्हन और बारातियों ने भी शादी की रस्मों के पहले या बाद में पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया राजनांदगांव जिले के संबलपुर में बारात निकलने से पहले चार दूल्हों ने लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्यौहार में हिस्सा लिया वहीं इसी जिले के खरखड़ी गांव में भी एक दूल्हे ने अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला अंबागढ़ चौकी विकासखंड के सागली में नवविवाहिता कांति सिन्हा शादी के बाद विदाई से पहले बाजे गाजे के साथ मतदान केन्द्र पहुंची और वोट डाला मतदान को लेकर लोगों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गरियाबंद के कोदोबतर गांव में एक दल्हे डोमेश्वर ध्रव ने अनोखी शर्त रखी थी कि उसकी बारात में वहीं व्यक्ति शामिल होगा जो मतदान करेगा डोमेश्वर ध्र्व बारातियों के साथ मतदान केन्द्र पहुंचे सभी लोगों ने मतदान किया और उसके बाद पूरी बारात रवाना हुई वहीं कोंडागांव जिले के तेंदूभटा गांव में भी एक दूल्हे ने बारातियों के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया प्रचार अभियान इस बीच प्रदेश की उन सात संसदीय क्षेत्रों में प्रचार अभियान में तेजी आ गई है जहां तीसरे चरण के तहत तेईस अप्रैल को मतदान होना है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज रायगढ़ में जनसभा को संबोधित किया इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने पचपन साल के शासनकाल के दौरान गरीबों और आदिवासियों के विकास के लिए कृछ नहीं किया वहीं मोदी सरकार ने बीते पांच सालों के दौरान देश के पचास करोड़ गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं श्री शाह ने आज बिलासपुर जिले के तखतपुर में भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोरिया जिले के पोड़ी के साथ ही मुंगेली में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनावी प्रचार के लिए कल छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे वे तीन सभाए लेंगे

वहीं को बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ सूरजपुर जिले के विश्रामपुर और रायपुर जिले के कुर्रा में चुनावी प्रचार कार्यक्रमों में शामिल होंगे उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बीस अप्रैल को छत्तीसगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा लेंगे मिली जानकारी के अनुसार श्री गांधी भिलाई और चिरमिरी में सभाओं को संबोधित करेंगे मतदान ईव्हीएम प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत तेईस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज ईव्हीएम और वीवीपैट की सीलिंग का काम शुरू हो गया है रायपुर में अतिरिक्त और रिजर्व ईव्हीएम तथा वीवीपैट को आज राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षकों की मौजूदगी में सील किया जा रहा है स्ट्रांग रूम को बाईस अप्रैल को मतदान दलों की रवानगी के दिन सुबह खोला जाएगा जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसवराजु एस ने बताया कि बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के तिल्दा विकासखंड के एक सौ दस मतदान केन्द्रों के अलावा धरसींवा और रायपुर नगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनें कमीशनिंग के बाद जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सील की जा रही है वहीं विधानसभा क्षेत्र रायपुर नगर पश्चिम और दक्षिण के लिए मशीनें दानी स्कूल और रायपुर ग्रामीण अभनपुर तथा आरंग विधानसभा क्षेत्र की ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनें सेजबहार के इंजीनियरिंग महाविद्यालय में रखी जाएंगी स्वीप कार्यक्रम राजधानी रायपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत आज मोटरसाइकिल रैली निकाली गई शत् प्रतिशत मतदान का संदेश देने निकली इस रैली में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसवराजु स्वीप के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह सहित सैकड़ों लोक सेवकों ने अपने अपने घरों से लाए खिलौने कपड़े और अन्य उपयोगी सामान नेकी की दीवार पर भेंट किए इस अवसर पर कलेक्टर ने उपस्थित सभी लोगों को मतदान की शपथ दिलाई इसके अलावा रायपुर में कल मोर रायपुर वोट रायपुर ग्लो रन का आयोजन होगा इस दौड़ के प्रतिभागी रेडियम से चमकती टी शर्ट पहने ग्लो रन के जरिए मतदान का संदेश देंगे वहीं रायपुर में ही स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया यह कार्यक्रम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया माओवादी घटना दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए हैं पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि कुंआकोंडा थाना क्षेत्र के दुआलिकरका के जंगलों में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप डीआरजी की टीम गश्त पर निकली हुई थी इसी दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई मारे गए एक माओवादी पर पांच लाख रूपये का इनाम घोषित था जवानों ने मौके से दो रायफल भी बरामद की हैं पुलिस के अनुसार मारे गए माओवादी बीती नौ अप्रैल को दंतेवाड़ा जिले में हुए उस हमले में शामिल थे जिसमें भाजपा विधायक भीमा मंडावी और चार जवानों की मौत हो गई थी उधर राजनांदगांव जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में आज माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के एक जवान को मामूली चोटें आई हैं माओवादियों ने यह बम मेढा और डब्बा गांव के बीच सड़क किनारे खड़ी एक साइकिल पर लगाया था गश्त पर निकले जवान जब उस मार्ग से गुजर रहे थे तभी माओवादियों ने विस्फोट कर दिया लेकिन यह बम ठीक से फट नहीं पाया जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया

इस वर्ष का विषय है ग्रामीण परिदृश्य कांकेर संसदीय क्षेत्र के कामता पोलिंग बूथ में मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद मतदान कर्मी सुकलराम कांगे की हृदयाघात से मौत हो गई वे भानुप्रतापपुर के झोली गांव के निवासी हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाले मामले के आरोपी निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के साथ ही उनकी स्टेनो रेखा नायर को राहत दी है अब ईओडब्ल्यू इनके खिलाफ कोई बलपूर्वक एक्शन नहीं ले सकेगा हालांकि कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग देने के निर्देश दिए हैं रायपुर जिले के उरला क्षेत्र में पुलिस ने एक वाहन से साढ़े आठ लाख रूपये की रकम बरामद की है अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार केशकाल के धनोरा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है सुरक्षा बल बेडमा मारी से मतदान दल को लेकर लौट रहे थे जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड में नकली नोट खपाने का प्रयास कर रहे दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है